ह रयाणा म हज़ार वधवाओं को सहयोग सु न चित करने के लए येक जिला तर पर वधवा सेल का गठन कया जा रहा है पंजाब के म् यमं ी के रा धानी चंडीगढ़ पर कये गये दावे को गलत बताते हृए के य मं ी बीरे संह ने कहा क पहले भी पंजाब ने पानी समझौत को र द करके गैर सं वधा नक काम कया था स ताह म दो दन चलने वाल रेलगाड़ी हसार से संकदराबाद के लये आज शु हो गई है

गु ाम जिले के चार वधानसभा े म वकास काय क ग त क समी ा करते हुए मु यमं ी ने कहा क शहर क मीट क द्दकाने थानांत रत करने के लए गांव गाडोल कलां तथा चोमा के पास जगह क पहचान क गई है तथा लॉटर हाउस गांव रोजका मेव म ढाई एकड़ भू म पर बनाया जायेगा

ग्र ाम मे ह शीतला माता के नाम पर मे डकल कालेज खोलने के बारे बैठक मे बताया गया क इसके लये टडर कर दया गया है गु ाम के ताऊ देवी लाल टे डयम म नमाणाधीन इंडोर टे डयम का वषय भी बैठक म रखा गया जिस पर मु यमं ी मनोहर लाल ने लोक नमाण वभाग के इंजी नयर इन चीफ आर के मनोचा को उसक असेसमअ करवाने के लए ट म ग ठत करने के आदेश दये ह रयाणा म अब वधवाओं को सहयोग सु न चित करने के लए जिला तर पर संगल वंडो स टम अथात वधवा सेल का गठन कया जायेगा

म हला एवं बाल वकास मं ी ने बताया क रा य तर य नगरानी कमेट और जिला तर य नगरानी कमे टयां के ज रये सेल क योजनाओ के या वयन और उनका नर ण कया जायेगा तथा इस स बध म एक अधसूचना जार कर द गई

ी संह ने आशा य त क क एसपीसी काय म नवय्वक के वचार व च र नमाण पर जोर देते हुए उनम शां तपूण बदलाव लायेगा के य गृहमं ी ने कहा क आजकल क श ा कताब के अ ययन पर बहत जोर देती है जब क च र नमाण पर यान कम है जिसपर टूडट पु लस कैंडेट काय म पर जोर देगा ता क वे जि मेदार नाग रक बने और उनम नौ तक मू य बड़ का आदर अन्शासन पनपे

रोहतक म उ ह ने कहा क जब ह रयाणा का गठन हुआ था तक चंडीगढ़ पर ह रयाणा का भी हक माना गया था वतमान थि त यह है क ह रयाणा और पंजाब दोन ह चंडीगढ़ म करायेदार है शाह कमीशन ने भी चंडीगढ़ पर ह रयाणा का हक बताया था

बीरे संह ने कहा क कै टन अम र संह ने पहले भी संवैधा नक मा यताओं को ताक पर रखकर वधानसभा म ताव पास कर सभी करार र द कर दये थे उ ह ने कहा िक कै टन अम र संह सं वधान के दायरे म रहकर सुझाव दे सकते है

ेन को हसार से लोकसभा सांसद दु यंत चौटाला राज थान क चु लोकसभा के सांसद राहुल क वां ने हर झंडी दखा कर रवाना कया लंबी दूर क ेन होने के कारण यह ेन स ताह म दो बार हसार से चलेगी यह गाड़ी सादलपुर चु बीकानेर जोधपुर सूरत बडोदरा जैसे टेशन से होते हुए तेलंगाना के सकंदराबाद जाएगी

कौ संल ने ये नणय लया है क पांच करोड़ पये से कम के ऐसे कारोबा रय को जिनक कम आयकर देना होता है हर साल तीन माह के अंतराल म अपना रटन भर सकगे जीएसट क अगल वशेष बैठक चार अग त को द ल म होगी सूचना एवं सारण मं ी रा यवधन राठौर ने कहा है क सैनीटर नैप क स से जीएसट हटाये जाने के फैसले का दूरगामी असर होगा जो म हलाओं के बेहतर वा य एवं व छता के प म आयेगा

यमुनानगर जिले म कल रात हुई तेज़ बा रश तथा पहाड़ी इलाक म हुई वषा से यमूना सोम व पथराला न दय का पानी का तर बढ़ गया है सोमनद का जल खेत म घुस गया है तथा दादूपुर नलवी नहर क पटड़ी दो जगह से टूटने पर तीन गाव क सकड़ एकड़ फसल पानी म डूब गई है

अब इनका मुकाबला पूल बी के अ य ट म आयरलड से गू गबार को होगा जिसके बाद भारतीय म हला हाक ट म अमे रका से अगले र ववार को भड़ेगी